बीती रात राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी शहरों में कड़ाके की ठंड के बीच रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी है अपने शुभकामना संदेश में श्री टंडन ने कहा कि नये वर्ष में सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और उल्लास समाहित हो

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा गृहमंत्री बाला बच्चन अल्प संख्यक कल्याण मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव वनमंत्री उमंग सिंगार ऊर्जामंत्री प्रियव्रत सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधौ और पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने प्रदेशवासियों को नूतन वर्ष की बधाई दी है वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी अपने शुभकामना संदेश में लोगों की समृद्धि की कामना की है

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कल नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की योजना बनाई थी

तीन बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल कर चुके इंदौर को दोनों ही तिमाही सूची में पहला स्थान मिला है प्रदेश की राजधानी भोपाल ने भी स्वच्छता के मामले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहली तिमाही में दूसरा और दूसरी तिमाही में पांचवा स्थान हासिल किया है स्वच्छ सर्वेक्षण की दूसरी तिमाही की सुची में प्रदेश का जबलपुर ग्यारहवें और ग्वालियर तेरहवें स्थान पर रहा

इस सर्वेक्षण में नागरिकों की राय स्वच्छता के साथ वाटर प्लस यानि शोधित जल का पुनः उपयोग और स्टार रैंकिंग के आधार पर आंकलन किया जाएगा इसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे इन्दौर सांसद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने नए वर्ष को एक नए अंदाज में मनाया पहली दो तिमाही में इंदौर को पहला स्थान दिलवाने वाले सफाई कर्मियों को कंबल देकर उनका अभिनंदन किया

सांसद का कहना है कि इंदौर शहर को गौरव दिलाने में इनकी भूमिका है इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए श्री लालवानी ने खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर गरीबों को भी कंबल वितरित किए रेल किराया रेल मंत्रालय ने किराए में मामूली वृद्धि करने का निर्णय लिया है यह वृद्धि केवल गैर उपनगरीय खंडो में दैनिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर की जाएगी उप नगरीय खंडों और सीजन टिकटों के किराए में बढ़ोत्तरी नहीं होगी

साधारण गैर वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों के लिए भी किराए में केवल एक पैसा प्रति किलोमीटर की मामूली वृद्धि की गई है किरायों में बढ़ोत्तरी आज से खरीदे जाने वाले टिकटों पर लागू होगी और जिन यात्रियों ने पहले टिकट खरीद लिए थे उनसे बढ़ा हुआ भाड़ा नहीं वसूला जाएगा आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट अधिभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है

योजना में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकत प्याज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में प्याज विक्रय करने पर मूल्य के अंतर की राशि सीधे ट्रांसफर की जायेगी

माफिया कार्य वाही इंदौर जिले में ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचि वर्धन मिश्र ने अभियान की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी लिफ ट हादसा इंदौर जिले की महू तहसील के समीप प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालपानी में कल एक हादसे में छह लोगों की मृत्यु हो गई बड़गोंदा थाना प्रभारी राबर्ट गिरवार के अनुसार निजी फार्म हाउस पर लगी लिफ्ट पलटने से कारोबारी पुनीत अग्रवाल सहित उनके परिवार के छह लोगों की मृत्यु हो गई इस हादसे में एक की हालत गंभीर है पुलिस प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच कर रही है मौसम साल के आखिरी दिन प्रदेश में मौसम के तेवर बदल गए कड़ाके की ठंड के बीच जबलपुर पचमढ़ी होशंगाबाद बैतूल सहित कई शहरों में बारिश हो गई भोपाल में कल कोल्ड डे रहा

रायसेन खजुराहो सागर ग्वालियर में शीतलहर चली

वहीं टीकमगढ़ व दतिया में सीवियर कोल्ड डे रहा मौसम विभाग ने आज शहडोल जबलपुर होशंगाबाद संभागों के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है

जिला कलेक्टर ने कल इसके निर्देश दिये